इस कार्यक्रम का चौथा संस्करण इस वर्ष मार्च में आयोजित किया जाएगा

देश भर के लगभग दो हजार स्कूली छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों का चयन एक ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जायेगा

इसमें झारखंड की राजधानी रांची भी शामिल है इसके तहत चयनित शहरों को तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण उपलब्ध कराया जाएगा जिससे पार्कों का विकास किया जा सके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के प्रत्येक थाने में ऑक्सीजन सिलेंडर दो स्ट्रेचर और फर्स्ट एड किट की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री कल राज्य सडक सुरक्षा परिषद की बैठक में शामिल थे इस बैठक का उद्देश्य राज्य में होने वाले सड़क हादसों और उससे होने वाले नुकसान को रोकना था उन्होंने कहा कि सड़क हादसे में होने वाली अधिकांश मौतों का मुख्य कारण अत्यधिक खून बहना होता है इसे रोकने के लिए जरूरी है कि थाने में बचाव की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए

राजधानी रांची में कल बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों से कोरोना गाइडलाइनस् का पालन करने की अपील की झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर अंठानबे दशमलव सात प्रतिशत पहुंच गई है राज्यभर में अबतक एक लाख सत्रह हजार नौ सौ छब्बीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान अढ़तीस नए कोरोना संक्रमित मिले हैं इसी के साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख उन्नीस हजार चार सौ सतहतर पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कल सैंतीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छट्टी दे दी गई और सक्रिय मामलों की कुल संख्या चार सौ सड़सठ रह गई है कल किसी भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है कल मिले नए संक्रमितों में सबसे अधिक राजधानी रांची के छब्बीस मरीज शामिल हैं

पब्लिक हेल्थ फांउडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी चर्चा में भाग लेंगे

इस कार्यक्रम को आज रात साढ़े नौ बजे से एफ एम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं

जिन रैयतों को उनकी अधिग्रहित जमीन लौटाई जाएगी वे पसेरिया और बरबनिया गांव के हैं

चूंकि एकरारनामे का ज्वाइंट वेंचर कंपनी ने पालन नहीं किया इसलिए अधिग्रहित जमीन संबंधित रैयतों को वापस की जाए अदालत ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम सीएनटी एक्ट के तहत रैयतों के पक्ष में फैसला सुनाया है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित सुमराय टेटे पर आधारित बुकलेट सुमराय टेटे एज अ रोल मॉडल एथलीट फॉर यंगर पीपल इन इंडिया का कल विमोचन किया यह ब्रेकलेट पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी और अपर पुलिस अधीक्षक सरोजनी लकड़ा ने लिखी है रांची नगर निगम अपने कार्यालय को ई ऑफिस में तब्दील करने की तैयारी कर रहा है इसे लेकर पीडब्ल्यूसी के प्रतिनिधियों ने निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी इस दौरान दैनिक कार्यों से संबंधित संचिका डाक आरटीआई आवेदन का निष्पादन ऑनलाइन विधि के माध्यम करने के लिए ई ऑफिस एपलिकेशन के उपयोग एवं उपलब्ध प्रावधानों के बारे में बताया गया

इससे काम में तेजी आएगी और यह भी पता चल पाएगा कि कौन सी फाइल कहां लम्बित है किसानों का रेल रोको आन्दोलन कल बिना किसी अप्रिय घटना के समाप्त हो गया रेल मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान देशभर में रेलगाड़ियों के परिचालन पर मामूली असर पडा सभी रेल मंडलों में रेलगाड़ियों का संचालन अब सामान्य हो गया है

राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में आज सुबह से बादल छाये हुए हैं